कर्मचारियों को राहत देते हुए ईएसआई ने अंशदान दर साढ़े छह फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दी है नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी

तोमर केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत की इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघू तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई उन्होंने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने के लिए ग्रामस्तर पर अभियान चलाने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नीदरलैंड के विश्व प्रसिद्ध वैगनिंगन विश्वविद्यालय का दौरा किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में नियंत्रित वातावरण भंडारण के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं इस दौरे के दौरान सम्भावित सहयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की गई रक्तदान दिवस आज विश्व रक्तदान दिवस है ये दिन दुनियाभर मे रक्तदान के प्रति लोगो मे जागरूकता लाने तथा रक्तदान से जुडी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है स्वास्थ्य देखभाल के वितरण में सुरक्षित रक्त की सार्वभौमिक आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वर्ष का थीम है सभी के लिए स्रक्षित रक्त

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी शिमला में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताई है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने एक ब्यान में कहा कि शिमला में यातायात व्यवस्था को पुलिस और प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है जिस कारण पर्यटकों में गलत संदेश जा रहा है उन्होंने दावा किया कि शिमला की खस्ता हाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते यहां पर्यटकों की आमद में भी यकायक कमी आ गई है किमटा ने कहा कि शिमला में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिससे पर्यटक शिमला का भरपूर आनंद ले सके डीसी बिलासपुर बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा है कि आगामी मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ज़िले में तैयारियां शुरू कर दी गई है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने आंधी से फसलों को हुए नुकसान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अंधड़ ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों की चपत एक की गई जान दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में तुफान का कहर शिमला सिरमौर में कई घरों की छते उड़ी फसलों को नुकसान दैनिक भास्कर लिखता है तेज तुफान से प्रदेश में किसानों और बागवानों को भारी नुकसान सरकार ने की रिपोर्ट तलब आपका फैसला के मुताबिक आंधी तुफान से सेब की फसल तबाह पंजाब केसरी ने खबर दी है हिमाचल का नीदरलैंड को फल एवं खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का न्यौता जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल में कृषि क्षेत्र में निवेश करेगा नीदरलैंडस हिमाचल दस्तक का शीर्षक है नीदरलैंड पहुंचे सीएम बागवानी पर फोकस दैनिक सेवरा टाइम्स का कहना है हिमाचल में निवेश करेगा नीदरलैंड

शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बनाई बीओडी भंग शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी और अमर उजाला का एक जैसा शीर्षक है हिमाचल में बनीं आठ दवाओं के सैंपल फेल जबकि दैनिक जागरण का कहना है हार्टअटैक में प्रयोग होने वाली एस्प्रिन दवा का सैंपल फेल दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है सफाई कर्मचारी आयोग गठित करेगा हिमाचल पंजाब केसरी की सुर्खी है प्राकृतिक आपदाओं व बर्फबारी से नुक्सान का जायजाल लेने पहुंची केंद्रीय टीम आपका फैसला ने काग्रंस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के हवाले से लिखा है शिमला से आरट्रैक शिफ्ट न किया जाए दिव्य हिमाचल ने खबर दी है फर्जी प्रमाणपत्र देकर बन गया एचआरटीसी ड्राइवर